आईआईटी रूड़की कर रहा अध्ययन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि कमला नदी से आने वाली बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए दीर्घकालीन योजना पर काम किया जा रहा है श्री कुमार ने मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड के बरियरवा गांव में आयोजित एक सभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि तटबंधों की सुरक्षा को लेकर आईआईटी रूड़की को अध्ययन कर दो हजार बीस तक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष जुलाई महीने में कमला नदी में आयी बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुये दाये तटबंध की मरम्मत की जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि भूतही बलान के बायें तटबंध का छह किलोमीटर से अधिक की लम्बाई तक विस्तार किया जायेगा इससे फुलपरास और घोघराडीहा प्रखंड के छप्पन गांव को बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगी मुख्यमंत्री ने मधुबनी और दरभंगा जिले में पड़ने वाली पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के अन्तर्गत चौंसठ करोड़ रूपये से अधिक की सात विभिन्न कार्य योजनाओं का शिलान्यास किया उन्होंने कहा कि नहर के शेष कार्यों को पूरा करके किसानों को जल्द ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिले में भुतही बलान नदी के प्रवाह क्षेत्र में बाढ़ और कमला नदी के तटबंध ट्रटने से मची भीषण तबाही के कारण प्रभावित हुये क्षेत्रों का आज हवाई सर्वेक्षण किया श्री कुमार ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में विकास के कार्य तेज करने के निर्देश दिये गौरतलब है कि इस वर्ष बारह और तेरह ज़ुलाई को भीषण बाढ़ के कारण यह क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुये थे भारतीय जनता पार्टी ने राफेल सौदे पर देश को गुमराह करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी की मांग को लेकर आज देशभर में विरोध प्रदर्शन किया इधर प्रदेश भाजपा इकाई ने राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने राफेल मामले में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रचारित झूठ से लोगों को अवगत कराया पटना में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के नेतृत्व में कारगिल चौक पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया हालही में सर्वोच्च न्यायालय ने राफेल विमान सौदे में अनियमितता को खारिज करते हुये कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस मामले में बयान बाजी से बचने की हिदायत दी थी आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है यह दिन स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस का प्रतीक है आज ही के दिन उन्नीस सौ छियासठ में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायड् ने कहा है कि सूचना सच्ची और मौलिक होनी चाहिए और इसकी जांच करने के बाद ही इसे प्रकाशित किया जाना चाहिए इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पत्रकारों को पुरस्कृत किया प्रेस दिवस के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पत्रकारों को बधाई दी अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि फेक न्यूज पेड न्यूज से भी ज्यादा खतरनाक है और इससे कुशलतापूर्वक निपटने की जरूरत है श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रेस की आजादी सशक्त लोकतंत्र के लिए आवश्यक है और सरकार प्रेस की पूरी स्वतंत्रता सुनिश्चित कर रही है बाईट ये इन्टप्रिटेशन में बड़ा गड़बड़ होता है न्यूज अलग है व्यूज अलग है न्यूज होने का अधिकार है लेकिन दूसरा व्यू भी होना का आजादी है लोगों को न्यूज मिलने का अधिकार है मुझे लगता है कि फ्रीडम हेज टू बी रिस्पान्सिबल फ्रीडम और वो रिस्पान्सिबल फ्रीडम हमें जरूरत है और आज फेक न्यूज का संकट है मैं आज चाहूंगा कि आज प्रेस डे के अवसर पर प्रेस वाले भी मंथन करे क्योंकि आपका टीआरपी भी बिगड़ रहा है इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये केन्द्रीय उपभोक्ता कार्यमंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार दो हजार चौबीस तक हर घर तक पाइप द्वारा पानी की आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रही है श्री पासवान ने कहा कि अगले वर्ष पन्द्रह जनवरी तक सौ स्मार्ट शहरों में पेयजल की शुद्धता की जांच पूरी कर ली जायेगी उन्होंने आज नई दिल्ली में पाइप से आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता से संबंधित बीस राज्यों की राजधानियों की रैंकिंग जारी की इस सूची में मुम्बई शीर्ष स्थान पर है इन राजधानियों से पाइप द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले पानी के नमूने लिये गये थे पटना में लिये गये दस में से एक भी नमूने शुद्धता और प्रदूषण के पैमाने पर खरा नहीं उतरा पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र अन्तर्गत बंगरा में एक मध्याहन भोजन केन्द्रीकृत रसोई घर में आज तड़के बॉयलर फटने से चार लोगों की मौत हो गयी वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गये घायलों में दो को सदर अस्पताल मोतिहारी जबकि एक को मुजफ्फरपुर रेफर किया गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित इस केंद्रीयकृत रसोई घर में खाना बनाने के दौरान यह हादसा हुआ विस्फोट इतना जबरदस्त था कि केंद्र की दीवार और छत ढह गई पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं पटना की विशेष अदालत ने धमकी और शस्त्र अधिनियम के एक मामले में मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने इस मामले में बहस पूरी होने के बाद अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण झूठा फंसाये जाने का आरोप सही नहीं है मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अन्तर्गत दियारा में छापेमारी कर पुलिस ने सात अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है मौके से हथियार बनाने और बेचने वाले चार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने बताया कि छापेमारी के दौरान एक पिस्तौल दो अर्द्वनिर्मित पिस्तौल पांच मैगजीन कुछ कारतूस सात बेस मशीन के अलावा हथियार बनाने के सामान बरामद किये गये हैं किशनगंज जिले में स्थित भारत नेपाल सीमा पर पकड़े गये पांच संदिग्ध विदेशी नागरिकों को आज स्थानीय सीजेएम कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है प्रलिस अधीक्षक क्मार आशीष ने बताया कि ग्रूवार की शाम सुखानी थाना क्षेत्र में एसएसबी की बारहवीं बटालियन के जवानों ने दो महिलाओं समेत पांच उक्रेनी नागरिकों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा था पुलिस मामले की गम्भीरता से छानबीन कर रही है अररिया जिले में एसएसबी की छप्पनवी बटालियन के जवानों ने भारत नेपाल सीमा के पास बथनाहा मीरगंज टिकुलिया इलाके से शराब और प्रतिबंधित दवाओं से भरे एक चारपहिया वाहन को जब्त किया है वहीं शेखपुरा जिला के कोरमा थाना अन्तर्गत मुरारपुर गांव में छापामारी कर पुलिस ने साठ लीटर चुलाई शराब के साथ तीन कारोबारी को गिरफ्तार किया है जिले के नगर थाना क्षेत्र से दो लोगों को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है इधर पटना जिले के बिहटा रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस ने एक सौ चालीस किलो जावा महुआ के साथ तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है गुवाहाटी में खेले जा रहे अंडर ट्वेंटी थ्री विमेंस टी ट्वेंटी क्रिकेट प्रतियोगिता में असम ने बिहार को नौ विकेट से हरा दिया बिहार का अगला मुकाबला अठारह नवम्बर को दिल्ली से होगा कैमूर जिले में प्रलिस परिवहन और खनन विभाग ने ओवरलोडेड ट्रकों के विरूद्ध संयुक्त कार्रवाई की इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो पर एक सौ पांच बालू लदे ट्रकों से नब्बे लाख रुपये जुर्माने की वसूली की गयी समस्तीपुर जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र अन्तर्गत जितवारपुर गांव में छापेमारी कर पुलिस ने अंतर जिला गिरोह के दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है कला संकृति और युवा विभाग ने शेखपुरा में आज से दो दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन किया है गया जिले के मेन थाना क्षेत्र अन्तर्गत पाईबिगहा ओपी के कोडिहरा गांव में दरधा नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी

आईआईटी रूड़की कर रहा अध्ययन